मंत्रिमंडल ने शिमला नालागढ़ टांडा और नेरचौक में मेक शिफ्ट अस्पतालों के संचालन को दी मंजूरी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने लोगों से बिजली की बचत करने का किया आह्वान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

प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी मंत्रिमंडल ने शिमला नालागढ़ टांडा और नेरचौक में जनहित में मेक शिफ्ट अस्पतालों के संचालन को मंजूरी दी इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों में सैंकड़ों पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की

बैठक में जनहित से जुड़े अनेक अन्य निर्णय भी लिए गए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की गाड़ी आज तेलंगाना के भुवनगरी जिले में दुर्घटना ग्रस्त हो गई हालांकि राज्यपाल सहित अन्य सभी लोग सुरक्षित हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने टेलीफोन पर राज्यपाल का कुशलक्षेम पूछा ये दुर्घटना उस समय हुई जब उनका सरकारी वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर चला गया प्रधान स्वच्छता केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया है जिसमें समाज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी है धर्मेन्द्र प्रधान आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्रों में स्वच्छता पखवाडा के लिए पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र इस जन आंदोलन में अपना योगदान कर रहा है और इसको गति प्रदान कर रहा है उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में निजी क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया रणधीर शर्मा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि संसद में हाल ही में पारित कृषि कानूनों से किसानों को लाभ होगा और मंडियों में लूट कम होगी शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इन कृषि कानूनों से सिर्फ दलालों को ही नुकसान हो रहा है और विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल में किसान आंदोलन नहीं चल रहा है और कांग्रेसी नेता किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं

ऊना में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार कानूनों से देश का किसान सशक्त होगा उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी और इन कानूनों से किसानों को लाभ होगा सत्ती ने किसानों से विपक्षी दलों के बहकावे में न आने को कहा है

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने लोगों से बिजली की बचत करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि ऊर्जा के महत्व व इसके सही इस्तेमाल के बारे में जागरूकता लाने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है सुखराम चौधरी ने कहा कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता ऊर्जा के सही उपयोग की है और राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है और जल विद्युत के दोहन के साथ साथ सौर ऊर्जा के सही उपयोग पर भी बल दिया जा रहा है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पंचायत चुनाव से पहले फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूचियों में शामिल करने का आरोप लगाया है सोलन में आज उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जिसमें निष्पक्ष चुनाव करवाने को कहा गया है कुलदीप राठौर ने कहा कि पंचायत व नगर निगमों के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए लेकिन सरकार ऐसा करने से गुरेज कर रही है

उन्होंने प्रभावितों को हरसंभव आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया बरागटा ने कहा कि क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र खोलने का मुद्दा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उठाया गया है और जल्द ही ये मांग पूरी हो जाएगी बरागटा ने लोक निर्माण विभाग को गुजांदली गांव के लिए एम्बुलैंस सड़क बनाने के निर्देश भी दिए राज्यव्यापी अभियान प्रदेश प्रलिस ने कोविड संबंधी निर्देशों का पालन करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया है

इसमें तीन स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है इसमें देशभर में विशेषज्ञ सेवाओं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की बात भी कही गई है